आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि सरकार पहले गांव की स्थानीय मण्डियों को थोक बाजार से और फिर उन्हें विश्व बाजार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारम्परिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ चुका है उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालय और विभाग मिलकर स्वस्थ भारत के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने बताया कि देशभर में आरोग्य केन्द्रों की स्थापना के लिए व्यापक स्तर पर काम हो रहा है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना प्रवास के दूसरे दिन आज कुटलैहड़ हरोली और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यो के शिलान्यास व उद्घाटन किए हरोली के पंडोगा गांव में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने पूर्व की कोंग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले आनन फानन में विकास के बजाय वोट के नाम पर संस्थाएं बांटी

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अध्यापकों से सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों में विश्वास बनाने के लिए अपना काम लगन से करने का आहवान किया है राजकीय डिग्री कॉलेज केल्लू के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय निजी द्काने हैं जो सिर्फ लाभ कमाने के उददेश्य से खुले हैं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अगर शिक्षण संस्थानों को रैगुलेट करने के लिए जरूरत पड़ी तो नया कानून लाया जाएगा उन्होंने कहा कि तबादला नीति में बदलाव को लेकर फिलहाल विचार किया जा रहा है इस मौके वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर विधायक सुरेन्द्र शौरी और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे

परवाणू में उद्योग और जिला प्रशासन के साथ कल शाम हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य पर विभागों के साथ बजट सत्र के तुरन्त बाद चर्चा की जाएगी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि ग्रूक्ल शिक्षा पद्धति एक उत्तम विचारधारा है जहां बच्चों का सर्वागीण विकास सुनिश्चित बनाया जाता है वे कल हरियाणा के कुरूक्षेत्र में एक विद्यालय के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे उन्होंने कहा कि गुरूकुल में प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन समावेश है जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में शून्य लागत प्राकृतिक खेती को अपनाने पर राज्य सरकार विशेष बल दे रही है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस अवसर पर मौजूद रहे रामनवमी समूचे प्रदेश में राम नवमीं का पर्व आज श्रद्वा हर्षोल्लास व धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है राम नवमीं को लेकर शिमला के जाखू स्थित श्री हन्मान मंदिर संकटमोचन मंदिर व राम मंदिर में विशेष कार्यक्रम हए मर्यादा प्रुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म पर्व रामनवमी पर देवालयों में भक्त भगवान राम जी के समक्ष नतमस्तक हए इस बीच मां दूर्गा के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री की प्रजा अर्चना भी की जा रही है आखिरी नवरात्र पर आज प्रदेश के शक्तिपीठों सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने नाइजीरिया में बंधक कांगड़ा के तीन युवकों की अब तक रिहाई न होने पर चिंता जताई है उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर मामले पर उचित कार्रवाई का आग्रह किया है ताकि युवकों की सक्शल वापसी हो सके ठाकूर सुखविन्दर सिंह ने शहीदों के आश्रितों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार से नौति बनाने की मांग भी की आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से डाटा लीक होने की खबरों का खंडन किया है प्राधिकरण के अनुसार आधार पूरी तरह सुरक्षित है व गोपनीय जानकारी लीक नहीं हो सकती प्राधिकरण ने लोगों को किसी भी तरह की आधारहीन खबरों से भ्रमित न होने की सलाह देते हुए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया है